सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जन जीवन प्रभावित

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल आठ लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे इस चरण में वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा छठे चरण में कुल एक सौ सत्ताईस उम्मीदवार मैदान में हैं जबकि मतदाताओं की संख्या एक करोड़ अड़तीस लाख से अधिक है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर नेपाल से लगने वाली सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है उत्तर प्रदेश से लगने वाली गोपालगंज सीवान और पश्चिम चम्पारण जिले की अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील कर दिया गया है श्री गुप्ता ने बताया कि नक्सल प्रभावित वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकिनगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र तथा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापूर पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा अन्य क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा छठे चरण के लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोन्द्रीय मंत्री रघ्रवंश प्रसाद सिंह भाजपा को संजय जायसवाल और रमा देवी प्रमुख हैं सीवान सीट पर दो महिला उम्मीदवारों जदयू की कविता सिंह और राजद की हिना शहाब के बीच सीधी टक्कर है इसके अलावा जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो और आलोक कुमार सुमन लोजपा की वीणा देवी राजद के सैयद फैसल अली सुरेंद्र राम और रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा और आकाश कुमार सिंह तथा कांग्रेस के शाश्वत केदार की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है लोकसभा के छठे चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद सातवें और आखिरी चरण के लिये प्रचार जोरों पर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पटना में रोड शो करेंगे उनका रोड शो शाम के पांच बजे कदमकुआं चौराहे से शुरू होगा जो ठाकुरबाड़ी रोड बाकरगंज होते हुये गांधी मैदान के पास उद्योग भवन के निकट समाप्त हो जायेगा रोड शो में पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद पाटलिपुत्र के भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे उधर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को रिझाने के लिये प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में आयोजित सभा को संबोधित करते हुये कहा कि आर्थिक प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से मंहगाई नियंत्रित हुयी है उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के लिये प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मोतिहारी में कहा कि कांग्रेस देश का भूगोल और इतिहास बदलना चाहती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश के आंतरिक और वाह्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा बक्सर और भभुआ में आयोजित सभाओं में कहा कि सरकार हर खेत में पानी पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार सबके विकास के लिये काम कर रही है नालंदा में लोजपा नेता रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र में मजबूत सरकार के लिये एनडीए के पक्ष में मतदान करें मोतिहारी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है राजद के वरिष्ठ नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी सीवान और गोपालगंज में आयोजित सभाओं में कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुयी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पटना में कहा कि एनडीए के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निराधार आरोप लगा रहे हैं रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने गोपालगंज में कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हुयी है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या ने भोजपुर जिले के सहार और अगिआंव में आयोजित सभा में कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं है बसपा प्रमुख मायावती आज बक्सर के चौसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी मूख्यमंत्री नीतीश क्मार धनरूआ क्था काराकाट में और उप मूख्यमंत्री स्शील क्मार मोदी पाटलिपूत्र लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बक्सर आरा और पाटलिपुत्र क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विकास के लिये भाजपा को वोट देने की अपील की जबकि पाटलिपुत्र से भाजपा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने भी विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क अभियान चलाया इधर पाटलिपुत्र से राजद के उम्मीदवार मीसा भारती ने भी निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क किया और महागठबंधन को जीताने की अपील की राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है सुबह से ही लू की स्थिति बन जाने के कारण सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम लोग बाहर निकल रहे हैं शुक्रवार को गर्मी ने पिछले चार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया राजधानी पटना का अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इससे पहले वर्ष दो हजार पंद्रह में मई में तापमान चौवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था इधर गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले चार पांच दिनों तक गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि तापमान अभी और बढ़ेगा तथा लू की स्थिति लगातार जारी रहेगी उन्होंने कहा कि तेरह और चौदह मई को हल्की बारिश की संभावना है आंधी पानी भी हो सकता है जिससे तापमान में थोड़ी कमी होगी लेकिन उसके बाद पारा फिर चढ़ेगा और पूरे महीने गर्मी का कहर जारी रहेगा पटना उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर हत्याकांड में सजायाफ्ता की अपील खारिज कर दी है कोर्ट ने सभी चारो अभियुक्तों को सीबीआई की निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को बरकरार रखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक परीक्षा सत्र दो हजार अठारह बीस के लिये रजिस्ट्रेशन करा चुके परीक्षार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया है यह पच्चीस मई तक अपलोड रहेगा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में खेले जा रहे हेमन ट्रॉफी सुपर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने तिरसठ रनों की बढ़त बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है नियमित नहीं होंगे नियोजित शिक्षक दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक बनाया है नियोजित शिक्षकों को सूप्रीम झटका समान काम का समान वेतन नहीं प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को आंकड़ों और ग्राफिक्स के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने गर्मी से जुड़ी एक अन्य खबर का शीर्षक लगाया है पटना में चौवालीस डिग्री पर पारा पांच वर्षों में सबसे अधिक इसी खबर का दैनिक भास्कर ने शीर्षक लगाया है आसमान से बरस रहे अंगारे तेरह तक लू से राहत नहीं

सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जन जीवन प्रभावित